केन्द्र सरकार ने अपने संशोधित दिशा निर्देशों में कल से कोरोना संक्रमण मुक्त क्षेत्रों में अधिसूचित सेवाओं में कुछ छूट दी है लॉकडाउन का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश भी जारी किए गए हैं दिशा निर्देशों के अनुसार रक्षा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण आपदा प्रबंधन विभाग तथा मौसम विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र जैसी पूर्व चेतावनी एजेंसियां बिना किसी प्रतिबंध के कार्य करेंगी उनके अंतर्गत कार्य कर रहे अन्य मंत्रालय और विभागों में उप सचिव और उससे ऊपर के अधिकारियों की शत प्रतिशत उपस्थिति रहेगी

ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत उद्योग और आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाईयां खुली रहेंगी

मनरेगा कार्य सुरक्षित दूरी बनाए रखने और मास्क पहनने के कड़े अनुपालन के साथ जारी रखने की अनुमति दी गई है

परिचर्चा में सर गंगा राम अस्पताल नई दिल्ली में डिपार्टमेंट ऑफ रियूमेटोलॉजी एण्ड क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी में वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी भाग लेंगे

यह विशेष कार्यक्रम आज रात नौ बजकर पच्चीस मिनट पर एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित होगा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम और यू ट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी अपडेट लिए जा सकते हैं

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान ने स्वयंप्रभा डीटीएच चैनल पाणिनी शारदा और किशोर मंच चैनल पर स्काइप के माध्यम से सजीव शिक्षा सत्र प्रसारण की शुरुआत की है विद्यार्थी सुबह सात बजे से छह घंटे के लिए रिकॉर्डेड प्रसारण और दोपहर एक बजे से शाम सात बजे तक विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों के साथ लाइव सत्र देख सकते हैं डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर से डीडी डीटीएच और जियो टीवी ऐप सहित सभी निःशुल्क चैनलों के लिए अनुरोध किया जा सकता है

वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर स्पष्ट किया है कि पेंशन में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जायेगी मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकार के नकदी प्रबंधन निर्देशों का केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा धनबाद जिले में दूसरा कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद पूरे जिले को अलर्ट कर दिया गया है कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति रेलवे कर्मचारी है और फिलहाल रेलवे अस्पताल में भर्ती है धनबाद जिला प्रषासन ने कोरोना संक्रमित व्यक्ति के निवास स्थान डीएस कॉलोनी को कंटेनमेंट जोन के रूप में चिहिन्त करते हुए इलाके के तीन किलोमीटर की परिधि को सील कर दिया गया है साथ ही कर्फ्य भी लगा दिया है कोडरमा जिला सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती एक कोरोना संदिग्ध की मौत हो गई है

डॉक्टरों के मृताबिक आइसोलेशन वार्ड में भर्ती युवक को दस्त की शिकायत थी और उसे बुखार भी था आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किए जाने के बाद से लगातार उसका इलाज किया जा रहा था और उसे स्लाइन भी चढ़ाया जा रहा था

आइसोलेशन वार्ड में मृतक की मां को भी एडमिट किया गया था और उसकी भी रिपोर्ट नेगेटिव आई है बहरहाल रिपोर्ट निगेटिव आने से स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है कोडरमा के एसीएमओ डॉक्टर एबी प्रसाद बताया कि मरीज की मौत सामान्य है इसलिए उसके शव को सामान्य तरीके से परिजनों को सुपूर्द किया जा रहा है

इसका संचालन पूर्ण रूप से जेएसएलपीएस की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है

श्री मोदी ने टवीट कर इस कडी के लिए लोगों से विषय सुझाने को कहा है

झारखण्ड में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर छत्तीस हो गई है धनबाद में दूसरे कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है उपायुक्त अमित कुमार ने रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इसकी पुष्टि की संक्रमित युवक रेलकर्मी है और वह हाल ही में बोकारो से लौटा था उपायुक्त ने बताया कि प्रभावित इलाके को सील किया जा रहा है साथ ही कर्फ्यू भी लगाया जायेगा

यह मरीज तब्लीगी जमात से जुड़ा हुआ है और काफी दिनों तक हिन्दपीढ़ी में रहा था तीस मार्च को इस मरीज के साथ ही सोलह विदेषी समेत बाईस लोगों को खेलगांव स्थित आइसोलेषन वार्ड में षिफट किया गया था

जांच के दौरान इसी दल की मलेषिया की एक महिला में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी

महाराष्ट्र में इस संक्रमण से सबसे अधिक लोगों की जाने गई हैं

इसके तहत प्रशासन ने सभी सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों से लेकर आम जनता के लिए संदेश जारी कर गुटखा खैनी पान मसाला आदि खाकर जहां तहां थुकने पर प्रतिबंध लगा दिया है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

यूवाओं की यह टीम हर दिन पिपराडीह पंचायत के अलग अलग गांव में जाकर लोगों को लॉकडाउन के दौरान घरों में रहने की हिदायत देने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की जानकारी दे रही है रांची विष्वविद्यालय के षिक्षकों और अधिकारियों को सातवें वेतनमान का एरियर देने की फाइल बढ़ा दी गयी है इन्हें जनवरी दो हजार सोलह से फरवरी दो हजार बीस तक पचास माह का एकमुष्त एरियर दिया जायेगा शेष बारह माह का एरियर भूगतान बाद में किया जायेगा षिक्षकों को मार्च दो हजार बीस से सातवें वेतनमान के अनुसार भुगतान किया जा रहा है इधर विष्वविद्यालय के षिक्षकों को एचआरए और मेडिकल भत्ता अभी छठे वेतनमान के अनुसार ही मिल रहा है उच्च षिक्षा विभाग से सातवें वेतनमान के अनुसार एचआरए और मेडिकल भत्ता देने से संबंधित अधिसूचना जारी नहीं हुई है हजारीबाग जिले के चुरचू गांव में इस बार तरबूज की काफी अच्छी फसल हुई है यहां के किसान फार्मर्स प्रोड्यूसर ग्रुप बनाकर प्रखंड के कई गांव में बड़े पैमाने पर तरबूज की खेती करते है किसानों का भी मानना है कि इस वर्ष तरबूज की खेती से उन्हें काफी लाभ होगा पिछले वर्ष को मुकाबले इस वर्ष आठ एकड़ में तरबूज की खेती की गयी है